उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में दस प्रस्तावों में से नौ पर मुहर लगी

प्रधानमंत्री सॉयल हेल्थ कार्ड से चंपावत के किसानों की फसल बेहतर हो रही है मिट्टी की जांच के बाद सही खाद के इस्तेमाल से किसान अधिक लाभ हासिल कर रहे हैं विश्व पर्यटन दिवस पर मुख्यमंत्री ने पर्यटकों को देवभूमि में आने का निमंत्रण दिया राज्य में इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि उनकी पार्टी वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर जरूरी प्रयास करेगी उन्होंने कहा कि अंग्रजों ने भारतीय शिक्षा में मैकाले की पद्धति थोप कर भारतीय शिक्षा पद्धति और संस्कृति का नुकसान किया है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने हरिद्वार में बाबा रामदेव के आचार्य कुलम संस्थान के उदघाटन के मौके पर ये बात कही उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और वैदिक शिक्षा को बढ़ाने में आचार्य कुलम जैसे संस्थान मदद कर सकते हैं मूल्यों पर आधारित शिक्षा से संस्कारित होकर देश की नई पीढ़ी भारत को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभाएगी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में विश्व में अपना परचम फहराने के बाद बाबा रामदेव शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति करेंगे आचार्य कुलम संस्थान में दस हजार से अधिक छात्र छात्राओं को वैदिक शिक्षा दी जाएगी

कैबिनेट ने उत्तराखंड सेवा निवृत्ति लाभ संशोधन विधेयक में बदलाव किया है

कैबिनेट ने पर्यटन नीति को मंजूरी दी है

उत्तराखंड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी गई है एमएसएमई के तहत निवेश करनेवालों को पांच साल के लिए ब्याज में छूट दी जाएगी साथ ही स्टांप शुल्क में भी राहत मिलेगी जीएसटी में भी ऐसे उद्योगों को राहत मिलेगी रूट परमिट में इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी

कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण हासिल करने वालों को सरकार छह महीने के लिए एक हजार रुपये का इनसेंटिव देगी कैबिनेट बैठक में निवेश के लिए कई अहम फैसले किये गये हैं

जिससे करीब पांच हजार युवकों को रोजगार मिलने की संभावना है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले पहले एक लाख खरीदारों को भी छूट दी जाएगी इसके साथ ही सरकार ने बायो टेक्नॉलजी नीति में रिसर्च करने वालों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है इसके लिए पाँच हजार करोड़ का फंड भी सरकार ने तैयार किया है इसके साथ ही सितारगंज चीनी मिल को पीपीपी मोड पर देने पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है

उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश में ऊर्जा कृषि संचार और पर्यटन से सम्बन्धित अवस्थापना योजनाओं में निवेश से सम्बन्धित प्रस्तावों पर चर्चा की मुख्यमंत्री ने श्री अडाणी के प्रस्तावों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य में निवेश की पहल को देश विदेश के उद्यमियों द्वारा सराहा गया है जो राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्यमियों को अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जायेगा इसके लिये राज्य सरकार जरूरी व्यवस्थायें सुनिश्चित करा रही हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्री अडाणी से बेमौसमी खाद्य उत्पादों एरोमेटिक प्लान्ट और फलोत्पादन की दिशा में भी सहयोग की अपेक्षा की श्री अडाणी ने देहरादून मसूरी नैनीताल हेमकुण्ड साहिब यमुनोत्री और केदारनाथ में रोपवे के निर्माण को लेकर दिलचस्पी दिखायी इसके अलावा स्मार्टसिटी योजना ऋषिकेश में स्थापित होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कनवेंशन सेन्टर टिहरी झील में होने वाली पर्यटन गतिविधियों वेलनेस सेन्टर सौर ऊर्जा खाद्य प्रसंस्करण दुग्ध उत्पाद और कृषि से सम्बन्धित विभिन्न निवेश योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसे देखते हुए पर्यटन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है उन्होंने स्थानीय उत्पादों के प्रोसेसिंग और पैकेजिंग पर भी ध्यान दिये जाने की बात कही साथ ही कृषि उत्पादों के बेहतर प्रसंस्करण के लिये अपनी टीम उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया

जिला सभागार में अपर जिलाधिकारी गिरीष चन्द गुणवन्त ने तैयारियों को लेकर बैठक की उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि जयंती समारोह के अवसर पर सुबह सात बजे सभी शासकीय अर्द्ध शासकीय कार्यालयों शिक्षण संस्थाओं में श्रमदान कर सफाई व्यवस्था के लिए अभियान चलाया जायेगा इसके बाद सुबह आठ बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा पंचायत स्तर पर प्रधान राष्ट्रध्वज फहरायेंगे इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी

अपर जिलाधिकारी ने नगर पालिका और नगर पंचायत को राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत एक एक वार्ड चिन्हित करने को कहा है स्लग मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रधानमंत्री सॉयल हेल्थ कार्ड योजना का चम्पावत जिले में असर दिखने लगा है जो खेत पहले अधिक मेहनत के बाद भी उन्नत पैदावार नहीं दे पाते थे योजना शुरू होने के बाद आज उनमें फसलें लहलहाती नजर आ रही हैं चंपावत के लोहाघाट विकासखंड के कलचौडा निवासी प्रगतिशील किसान रघुबर दत्त मुरारी प्रधानमंत्री सॉइल हैल्थ कार्ड योजना की प्रसंशा करते है

उन्होंने अपने खेत की मिट्टी की जाँच करवाई जरूरी पोषक तत्व डाले अब उनकी आलू मड़वे सोयाबीन की फसल अच्छी हो रही है चंपावत के किसान महेश जोशी कहते हैं कि मिट्टी की जाँच हमारे स्वास्थ्य की जांच के समान है इससे उनके खेतों में भी पैदावार बढ़ी है चंपावत में जिला मृदा परीक्षण केंद्र के प्रभारी विक्रम सिंह बताते है कि जिले में मृदा परीक्षण के बाद अनेक स्थानों पर फॉस्फेट जिंक बोरॉन की कमी देखने को मिली उन्होंने बताया कि किसान कम्पोस्ट खाद के प्रयोग से जैविक खेती में अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं

पर्यटन दिवस आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्यटकों को देवभूमि में आने और दिव्य अनुभूति का अहसास करने का संदेश दिया है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि पर्यटन के लिहाज से देवभूमि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य रोमांच और आध्यात्म का खजाना है यहां तीर्थाटन के लिए कई डेस्टिनेशन हैं वाइल्ड सफारी के लिए पर्यटक हर वर्ष बड़ी संख्या में यहां आते हैं इसके साथ ही भक्ति और योग की शक्ति भी पर्यटकों को देवभूमि की ओर खींचती है

उन्होंने बताया कि राज्य में अब भी ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में पर्यटकों को कम जारी है इन जगहों के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए भी तरह तरह के उपाय किये जा रहे हैं वाहन चेकिंग अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आज जिले की सड़क सुरक्षा समिति के साथ बैठक की बैठक में उन्होंने सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक स्कूली बसों का औचक निरीक्षण किया जाए उन्होंने यातायात नियमों से जुड़ी चेक लिस्ट सभी विद्यालयों में भेजने के निर्देश दिये ताकि सड़क द्र्घटनाएं कम की जा सकें जिलाधिकारी ने कहा कि हाईकोर्ट ने स्कूली बसों को लेकर जो दिशा निर्देश दिये हैं अधिकारी उसे लागू कराना सुनिश्चित करें इसके साथ ही दूसरे वाहनों में भी यदि क्षमता से अधिक सवारी ले जायी जाती है तो उस पर ठोस कार्रवाई की जाए जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने बताया कि लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी ने संयुक्त निरीक्षण कर दुर्घटना सम्भावित स्थलों को चिन्हित कर लिया है अब वहां जल्द से जल्द दर्घटना रोकने के उपाय किये जाएंगे राज्य में सड़क सुरक्षा कोष का गठन भी किया गया है इसमें जमा धनराशि से ट्रैफ्रिक अवेयनेस सेन्टर की स्थापना और सड़कों पर सुरक्षा से जुड़े कार्य किये जाएंगे